उन्होंने कहा कि इसका श्रेय देश के उद्यमियों नौजवानों किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार नीयत और नीति से किसानों का हित चाहती है उन्होंने कहा कि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्धारों का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है उन्होंने कहा कि अब किसानों को नए बाजार और नए विकल्प मिलेंगे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा

मध्यप्रदेश में इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्री कमल पटेल को सौंपी गई है श्री पटेल कृषि बिल को लेकर भाजपा नेताओं को ट्रेनिंग देकर बिल के फायदे बताएंगे आज भोपाल में पत्रकारों को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि इसके लिए खेत पर चर्चा अभियान भी शुरू किया है

यह लोग अदालत उच्च न्यायालय से लेकर जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित की गई इनमें आपसी सुलह मशविरे के आधार पर लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया गया

इस बीच जिले में मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है

स्वास्थ्य स्विधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिये सभी उपाय किये जाएँ

आज भी लगभग सभी संभागों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हई

मौसम विभाग ने भोपाल होशगांबाद इंदौर उज्जैन संभागो के जिलों में क्छ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई है